वहीं प्रदेश की छह लोकसभा सीटों के लिए भी कल नाम दाखिल करने का अंतिम दिन

कांग्रेस ने भाजपा के घोषणापत्र को एक व्यक्ति केन्द्रित बताया

नामांकन लोकसभा चुनाव के पहले चरण में गुरूवार को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का षोर कल षाम पांच बजे खत्म हो जाएगा इस चरण का चुनाव प्रचार अब चरम पर है

वहीं तीसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन था

वहीं लोकसभा के चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन है इस चरण में प्रदेश की छह लोकसभा सीटों सीधी शहडोल जबलपुर मण्डला बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा में भी चुनाव होगा भाजपा संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज नई दिल्ली में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया गया है और इसका थीम संकल्पित भारत सशक्त भारत रखी गयी है इसमें देश की आजादी के पचहत्तर साल पूरे होने पर फोकस करते हुए पचहत्तर संकल्पों को रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों अरूण जेटली राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज की मौजूदगी में भाजपा अध्यक्ष अमित षाह ने इस संकल्प पत्र को जारी किया भाजपा ने दावा किया है कि इस संकल्प पत्र को छह करोड़ लोगों की मदद से तैयार किया गया है संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता पर प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस संकल्प पत्र में जन के मन की बात है इसमें तीन प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है अंत्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे जिसके तहत पानी के इस्तेमाल पर बात की जाएगी वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्वता है और आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी रहेगी भाजपा के संकल्प पत्र में किसानों को केडिट कार्ड पर एक लाख रूपए तक के कर्ज पर कोई व्याज नहीं लगाने का भी वादा किया गया है उधर कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा का घोषणापत्र केवल एक व्यक्ति पर केन्द्रित है जबकि कांग्रेस का घोषणापत्र आम जनता को बढ़ावा देने के लिए है नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि भाजपा को घोषणापत्र के स्थान पर माफीनामा जारी करना चाहिए और पिछले पांच वर्ष में अपने द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा देना चाहिए

कार्यशाला का उद्देश्य संवाददाताओं को लोकसभा चुनाव की निष्पक्ष संतुलित और सटीक कवरेज के लिए आवश्यक कदमों की जानकारी देना था

कार्यशाला में मुख्य अतिथि जनसंपर्क आयुक्त पी नरहरि ने संवाददाताओं को सरकारी संपर्क माध्यमों की उपयोगिता से रूबरू कराया इस दौरान उन्होंने संवाददाताओं से अपनी खबरों के जरिए मतदाताओं को जागरुक करने और मतदान को बढ़ाने के लिए नये तरीके ईजाद करने का आहवान किया

इस दौरान उन्होंने कार्यशाला में शामिल संवाददाताओं को रोजाना कामकाज के नोट्स बनाने का भी सुझाव दिया उन्होंने कहा कि ये नोट्स खबर बनाने में मददगार रहेगें आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार एकांश प्रमुख संजीव शर्मा ने बताया कि कार्यशाला को पत्र सूचना कार्यालय के उपनिदेशक अखिल कुमार नामदेव ने भी संबोधित किया वहीं कार्यशाला की अध्यक्षता आकाशवाणी भोपाल के केन्द्र निदेशक धर्मेन्द्र श्रीवास्तव ने की

आयकर अधिकारियों ने हवाला कारोबार और टैक्स चोरी के संदेह में मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर रविवार तड़के छापामार कार्रवाई शुरू की थी छापे में अधिकारियों ने करोड़ों रूपए की नकदी और बड़े पैमाने पर लेनदेन के दस्तावेज जब्त किए हैं आयकर विभाग की टीम आज छापे में मिले बैंक खातों और लॉकर्स की जांच कर रही है वहीं कल देर शाम भोपाल में प्रवीण कक्कड़ के सहयोगी अश्विन शर्मा के प्लेटिनम प्लाजा स्थित निवास पर सीआरपीएफ और प्रदेष पुलिस के बीच कहासुनी के मामले में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने गृहसचिव और मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है

रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया सम्मेलन के दौरान मौजूदा सुरक्षा आयामों का प्रबंधन भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों में कमी आना और युद्ध कौशल क्षमता में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है इसके अतिरिक्त उत्तरी सीमाओं पर क्षमता संवर्द्वन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण रेल लाइनों की समीक्षा गोली बारूद की कमी दूर करन के लिए सीमित बजट संसाधनों के बेहतर उपयोग और सैनिकों के कल्याण जैसे मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा धन्ष देश की सबसे बड़ी आर्टिलरी गन धनुष तोप आज जबलपुर में भारतीय सेना को सौंप दी गई इस मौके पर गन कैरेज फैक्ट्री जीसीएफ में आयोजित कार्यक्रम में आयुध निर्माणी बोर्ड सेना तथा जीसीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे कार्यक्रम में आयुध निर्माणी बोर्ड के अध्यक्ष एवं महानिदेशक सौरभ कुमार ने इन छह स्वदेशी तोपों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि रक्षा उत्पादन सचिव डॉ अजय कुमार और विशिष्ट अतिथि भारतीय थल सेना महानिदेशक लेफ्टिनेंट पीके श्रीवास्तव सहित अनेक सैन्य अधिकारी मौजूद रहे

अभियान के तहत आशा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई

पन्ना उमरिया झाबुआगुना रायसेनभिण्ड मुरैना सागर अनूपपुर बैतूल मंडला सहित विभिन्न जिलों से भी पोलियोरोधी दवा पिलाने के समाचार मिले हैं आरबीएस श्योपुर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के अंतर्गत जिले में पहली बार जन्मजात गूंगे बहरे बच्चों के ऑपरेशन को मंजूरी दी है सीएमएचओ डॉ एनसी गुप्ता के कार्यालय में हुई बैठक में यह फैसला किया गया

गणगौर पूजा मालवा निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध शिव पार्वती के प्रतीक गणगोर प्रतिमाओं का पूजन आज पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ किया गया श्योपुर में इसी के साथ तीन दिवसीय गणगोर मेला षुरू हुआ यह पूजन महिलाए अखण्ड सौभाग्य की कामना के लिए करती हैं इस मौके पर वेसन और मैदे से बनाये गए व्यंजन का भोग लगाया जाता है और महिलाएं मंगल गीत गाकर और नृत्य करती हैं वहीं शाम को महिलाओं द्वारा गणगौर को पानी पिलाने की परम्परा की रस्म निभाई जाती है